पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा के स्थान पर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को टिकट

एनडीए ने आज लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में उन्तालीस उम्मीदवारों की सूची जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा सहित सात निवर्तमान सांसदों को टिकट नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की संयुक्त बैठक में इसकी घोषणा की गयी भाजपा के बिहार मामलों के प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहिब लोकसभा चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवादा से बदलकर बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया गया है केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह पूर्वी चंपारण से और पाटलीपुत्र से रामकृपाल यादव उम्मीदवार होंगे अश्विनी कुमार चौबे बक्सर से और आर के सिंह आरा से चूनाव लड़ेंगे इस चूनाव में लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे उनके भाई और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से प्रत्याशी होंगे जदयू ने लोकसभा के लिए राज्य के कई मौजूदा मंत्रियों और विधायकों को प्रत्याशी बनाया है जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर से आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चन्द्र यादव मधेप्ररा से पार्टी के उम्मीदवार बनाये गये हैं दरौंधा की विधायक कविता सिंह को सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से और बेलहर के विधायक गिरिधारी यादव को बांका से प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा जदयू और लोजपा ने कई निवर्तमान सांसदों को दोबारा टिकट दिया है पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी सारण से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय उजियारपुर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण से रमा देवी शिवहर से अजय निषाद मुजफ्फरपुर से छेदी पासवान सासाराम से और सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से दोबारा भाजपा के प्रत्याशी बनाये गये हैं जदयू ने कौशलेन्द्र कुमार को नालंदा और संतोष कुमार को पूर्णियां सीट से फिर से प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने कई पूर्व सांसदों को भी टिकट दिया है जिसमें वाल्मिकीनगर से बैद्यनाथ प्रसाद महतो और काराकाट से महाबली सिंह शामिल हैं एनडीए के घटक दलों ने कई नये प्रत्याशियों को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा है भाजपा सांसद हुक्मदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक कुमार यादव मध्रबनी सीट से गोपाल जी ठाक्र दरभंगा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाये गये हैं जदयू ने गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से विजय कुमार मांझी सीतामढ़ी से जानेमाने चिकित्सक वरूण कुमार गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन कटिहार से दुलालचन्द्र गोस्वामी किशनगंज से महमूद अशरफ भागलपुर से अजय कुमार मंडल जहानाबाद से चन्देश्वर प्रसाद चन्द्रवंशी लोजपा ने नवादा से चंदन कुमार वैशाली से वीणा देवी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है ये प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं चंदन कुमार पूर्व सांसद सूरजभान के भाई हैं समझौते के तहत भाजपा के खाते में आयी अररिया संसदीय सीट से पूर्व सांसद प्रदीप सिंह पार्टी के प्रत्याशी होंगे प्रदीप सिंह पहले भी अररिया से निर्वाचित हो चुके हैं वहीं जदयू ने झंझारपुर से रामप्रीत मंडल और सुपौल से दिलेश्वर कामत को प्रत्याशी बनाया है

पटना साहिब सीट से निवर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा झंझारपुर से विरेन्द्र कुमार चौधरी सिवान से ओम प्रकाश यादव गोपालगंज से जनक राम को इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया गया है वहीं मधुबनी के सांसद हुक्मदेव नारायण यादव के स्थान पर उनके पुत्र अशोक कुमार यादव चुनाव लड़ेंगे वाल्मिकीनगर सीट से सतीश चन्द्र दूबे और गया से हरि मांझी को टिकट नहीं मिला है गौरतलब है कि सिवान झंझारपुर गोपालगंज बाल्मिकीनगर और गया सीट समझौते के कारण जदयू के खाते में चली गयी है लोजपा ने भी मुंगेर से वीणा देवी को टिकट नहीं दिया है यह सीट जदयू के खाते में चली गयी है भाकपा माले ने राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने से इनकार किया है पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने आज कहा कि वह पांच सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी गौरतलब है कि कल राजद ने अपने कोटे की बीस सीट में से एक भाकपा माले के लिए छोड़ने का फैसला किया था कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज पूर्णियां में चूनावी सभा कर सीमांचल क्षेत्र में पार्टी के लोकसभा चूनाव प्रचार की शुरूआत की पूर्णियां के रंगभूमि मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने एनडीए सरकार को रोजगार प्रदान करने और गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर विफल बताया कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केन्द्र की एनडीए सरकार पांच सालों में जनता से किये गये वायदों को पूरा करने में विफल रही है इस अवसर पर पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कांग्रेस के चूनाव अभियान के प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह और हाल ही में कांग्रेस में शामिल पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह उपस्थित थे

नवादा और भागलपुर में समीक्षा बैठक के दौरान चूनाव आयोग के उपायुक्त चंद्रभूषण कुमार ने अधिकारियों को अधिक मतदान और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के बारे में आवश्यक कदम उठाने को कहा भागलपुर में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए श्री कुमार ने मतदान केन्द्रों पर विशेषकर दिव्यांग वोटरों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा उन्होंने दूसरे चरण के चुनाव के दौरान अठारह अप्रैल को मतदान के दिन सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को सील करने के निर्देश दिये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित एक सादे समारोह में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल अध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति घोष को उन्नीस मार्च को देश के पहले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति ने लोकपाल में चार न्यायिक सदस्य और चार गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए

आज ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्मदिन पर उनका स्मरण करते हुए श्री मोदी ने उन्हें प्रखर चिंतक असाधारण ब्रुद्धिजीवी क्रांतिकारी और महान देशभक्त बताया अपने ब्लॉग में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया तेज दिमाग वाले एक प्रखर नेता थे जो आम जनता की राजनीति करते थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया प्रदेश में भी लोहिया जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

शेखप्ररा जिले के ग्राम पंचायत हथियावां के मुखिया रतन मांझी को उत्पाद विभाग की पुलिस ने गिरफ्तार किया वहीं सारण जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव के पश्चिमटोला में खेत से पुलिस ने आज भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के चोरगांव में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में बिहार पुलिस का एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र स्थित दुर्गापुर पंचायत के वार्ड संख्या पांच में भीषण आग लगने से करीब एक दर्जन घर जलकर राख हो गया और लगभग पचास लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के नुकसान हुआ है

पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा के स्थान पर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को टिकट